अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी न्यायालयों में अब कोविड नाइंटीन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियमित सुनवाई की जाएगी इस दौरान न्यायालय परिसरों में सैनिटाईजर और सोशल डिस्टे सिंग का पालन करना जरूरी होगा वहीं सिविल कोर्ट और दूसरी अदालतों में सप्ताह के कुछ ही दिन सुनवाई होगी

एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व में पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है जहां सबसे तेजी से चालीस लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं देश ने ये उपलब्धि अट्ठारह दिन में हासिल कर ली कोविड नाइंटीन टीका लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष पांच देशों में शामिल था देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है इधर छत्तीसगढ़ के समी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है राजनांदगांव जिले में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने अपील की है कि सभी पंजीकृत अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित दिवसों पर स्वास्थ्य कोन्द्रों में उपस्थित होकर टीका लगवाएं इसी तरह महासमंद जिले में जिला अस्पताल सहित इक्कीस स्वास्थ्य केन्द्रों में आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ है जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद गृप्ता ने बताया कि एक ही दिन में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में करीब चार सौ पचहत्तर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया है इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञों ने टीकाकरण के बाद भी कोरोना के बचने के ऐहतियाती उपाए बरतने की बात कही है मेकाहारा के वरिष्ठ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रभित तीन सौ तीस नये मरीजों की पहचान की गई प्रदेश में वर्तमान में चार हजार एक सौ तिहत्तर मामले सक्रिय हैं

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली बनाने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है इसके अनुसार अब उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे जिनका नाम एक जनवरी दो हजार इक्कीस की स्थिति में उस विघानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो जहां वह निकाय स्थित है छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम उन्नीस सौ चौरानवे में किए गए संशोधन के मृताबिक जिन मतदाताओं के नाम एक जनवरी दो हजार इक्कीस की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हैं ऐसे व्यक्तियों से नाम जुड़वाने संबंधी कोई भी आवेदन निर्धारित तिथि सत्ताईस फरवरी के बाद नहीं लिया जाएगा उन्हें नियत अवधि से पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना जरूरी होगा नाम दर्ज होने के बाद विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ निर्घारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा आयोग ने दावा आपत्ति के लिए चार प्रारूप तय किए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपील की गई है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम की सार्वजनिक सुचना प्रकाशित होने की तिथि से दावा आपत्ति निपटाने की तिथि तक लोग अपने नाम निर्वाचक नामवली में जुड़वा लें फिलहाल सत्ताईस फरवरी तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है इसका प्रकाशन एक मार्च को किया जाएगा लोक सेवा आयोग परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले दस माह में कोरोना संक्रमण के बावजूद विभिन्न विभागों के दो हजार चार सौ अस्सी पदों पर चयन की कार्यवाही की गई है आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में कम समय में अधिक परीक्षा आयोजित कर आयोग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए दो हजार चार सौ अस्सी पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर जन माह तक अनुशंसा पत्र भेजने का लक्ष्य था जो अब पूरा होने वाला है इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश के उनतालीस पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन इक्कीस सितंबर को किया गया इसके परिणाम एक माह के भीतर आ गए इसी तरह आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजे कम समय में ही घोषित कर दिए गए इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लोक सेवा आयोग पर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अभित साहू प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में कहा कि पीएससी ने एक सौ पांच प्रश्नों को विलोपित किया है इसी तरह सहायक संचालक कृषि की भर्ती परीक्षा में एक सौ पचास में से चौदह प्रश्न विलोपित किए गए हैं उन्होंने सहायक प्राध्यापक के सभी खाली पदों पर इसी विज्ञापन प्रक्रिया के तहत भर्ती करने की मांग की है ताकि विलंब के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान न उठाना पडे भाजयमों ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की भी मांग की है इस संबंध में कल प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में भाजयूमों कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे पहाडी कोरवा भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि कोरबा जिले के कोरवा जनजाति परिवार के साथ हुए अत्याचार के मामले में भाजपा प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी श्री साय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें न्याय दिलाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साह पर भी मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया है गौरतलब है कि कोरबा के लेमरू जंगल में संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवार की एक किशोरी की कथित रूप से दष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है साथ ही उसके पिता और बहन की भी हत्या कर दी गई है श्री साय ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई वहीं पीडित परिवार को आर्थिक मदद भी नहीं दी गई है

राज्य महिला आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने छत्तीसगढ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की सराहना की है नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित देश के सभी राज्यों के जिला आयोग अध्यक्षों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है वह सराहनीय है कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ सरकार सजग और संवेदनशील है कोविड लॉकडाउन के दौरान भी आयोग की ओर से जनसुनवाई की गई है इससे महिलाओं को लाभ मिला छत्तीसगढ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग ने पांच महीनों के दौरान चवालीस जनसुनवाई में ग्यारह सौ प्रकरणों की सुनवाई की जिसमें चार सौ मामलों का निराकरण किया गया हीरा तस्कर गिरफ्तार गरियाबंद जिला पुलिस ने हीरा तस्करी करने के मामले में एक बुजूर्ग को पिथौरा से गिरफ्तार किया है उसके पास से दो सौ इक्कीस नग हीरे और मोटर साइकिल बरामद की गई हैं जब्त किए गए हीरों की कीमत करीब बाईस लाख दस हजार रूपए हैं प्रलिस से मिली जानकारी के अनुसार हीरा तस्करी करने वाला यह ब्रजुर्ग बागबाहरा क्षेत्र के तुमगांव का रहने वाला है जो छरा में हीरा बेचने ग्राहक की तलाश में घूम रहा था

गरियाबंद जिले में हीरा तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला है पुलिस अधीक्षक ने हीरा तस्कर को पकड़ने वाली टीम को दस हजार रूपए इनाम देने की घोषणा की है गौरतलब है कि जिले में पुलिस ने बीते दो सालों के दौरान हीरा तस्करों से पचहत्तर लाख रूपए के करीब पांच सौ तिहत्तर नग हीरे बरामद किए हैं दुर्घटना कोंडागांव जिले में दो अलग अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर जोबा गांव के पास चारपहिया एक वाहन बस से टकरा गया इस हादसे में चारपहिया में सवार मां और बेटे की मौत हो गई और पिता गंमीर रूप से घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये सभी सुकमा के निवासी है जो किसी कार्यक्रम के सिलसिले में धमतरी गए हए थे और घर वापस लौट रहे थे इसी तरह जिले के ग्राम केरावाही के पास कल हुए एक अन्य सड़क हादसे में मोटर सायकल सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है आयकर छापा आयकर विभाग की टीम ने आज डिस्टलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह उनके रायपुर के शंकर नगर स्थित घर और कम्हारी स्थित गोदाम और ऑफिस में दबिश दी बताया जाता है कि इस टीम में दिल्ली नागपुर और रायपुर के आयकर विभाग के अधिकारी शामिल थे तीन अलग अलग टीमों ने आयकर सर्वे के तहत यह कार्रवाई की

राजनांदगांव जिले के तीरंदाजों ने इस स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किया इस स्पर्धा में करीब सवा सौ तीरंदाज शामिल हुए जिसमें राजनांदगांव जिले की रश्मि साह ने स्वर्ण पदक और चंदन साह ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया इनका चयन देहरादून में मार्च में होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया मौसम प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में दो से चार डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी होने की संभावना है पश्चिमी विक्षोम के प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ेगा मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आने वाले दो दिनों में उत्तर और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने आकाशीय ंबिजली गिरने तथा कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा चौदह फरवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल भिलाई प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों की बैठक लेंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत महासमुद जिले में यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनकर द्रपहिया वाहन चलाने वालों को फुल और चॉकलेट वितरित किए दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वॉलपेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर रंगरोगन और सुंदर कलाकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है राजनांदगांव जिले में पंचानवे प्रतिशत किसानों से सात लाख साठ हजार मीटरिक टन से अधिक की धान खरीदी की गई है रायपुर जिले में अवैध शराब के विक्रय परिवहन और भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई जारी है इसी कडी में बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना और गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई धमतरी जिले में अवैध रेत परिवहन उत्खनन और राईस मिल के भीतर चावल के बदले रिफाइन रेत बनाने का आरोप लगाते हए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टारेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया महासमुद जिला पुलिस ने बागबाहरा में वाहन चेकिंग के दौरान छत्तीस किलो चांदी के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया बरामद चांदी की कीमत साढ़े बारह लाख रूपए बताई गई है